द ग्रेट गंगा रन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जल संरक्षण और स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में द ग्रेट गंगा रन का आयोजन किया गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने इस अभियान की शुरुआत की

गंगा संरक्षण और स्वच्छता ही सेवा के महासंकल्प के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने द ग्रेट गंगा रन का आयोजन किया

इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा को संरक्षित और अवरिल बनाने की दिशा में सरकार के साथ ही आमजन को भी प्रयास करने होंगे और ये अभियान इसी दिशा में उठा या गया कदम है

उन्होंने कहा कि गंगा के साथ साथ देश की सभी नदियों को स्वच्छ बनाना सरकार की प्राथमिकताओं मे सबसे ऊपर है और सरकार एक विजन के साथ काम कर रही है सीएम ऑन डेंग् मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू के प्रति सजग रहने के साथ ही नियमित रूप से फॉगिंग और इसके लार्वा की जांच करने के निर्देश दिये हैं देहरादून में शासन के उच्चाधिकारियों सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में डेंगू रोग पर नियंत्रण और प्रभावी रोकथाम के लिये कारगर प्रयासों की जरूरत बतायी उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को सर्तकता और समन्वय से कार्य करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू के प्रति लोगों में व्याप्त खौफ के बातावरण को समाप्त करने की जरूरत है इसके लिये स्वास्थ्य विभाग आशा आंगनबाड़ी एएनएम सिविल सोसाइटी के साथ नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान संचालित किया जाए इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से अपने कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग सख्ती के साथ बंद करने को कहा है इसके साथ ही जल जनित रोगों के प्रति भी प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य के प्रति सजग है

प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ग्राम्य विकास व उद्योग की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने कहा है कि आजीविका से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनकी आय में भी इजाफा हो रहा है प्रमुख सचिव ने कौसानी और गरुड़ में आजीविका सहयोग परियोजना के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति जांची उन्होंने महिला समूहों के तैयार किए जा रहे उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग को बेहतर बनाने को कहा प्रमुख सचिव ने हिलांस आउटलेट होम स्टे लघु संग्रह केंद्र नैनो पेकेजिंग यूनिट आदि का निरीक्षण कर वहां तैयार उत्पादों को देखा उन्होंने सहकारिता के बोर्ड सदस्यों के साथ मिलकर आयवर्द्धक कार्यों की जानकारी ली उन्होंने महिला समूहों के माध्यम से तैयार हो रहे उत्पादों को उच्चकोटि का बताते हुए उनके कार्यो की सराहना की प्रमुख सचिव ने कौसानी शॉल फैक्ट्री में तैयार हो रहे उत्पादों का भी निरीक्षण किया

अब तक ये पद रिक्त चल रहा था श्री अजय कुमार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री भी रह चुके हैं वे उत्तराखंड में आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं पूर्व संगठन महामंत्री संजय कमार को एक विवाद के चलते इस्तीफा देना पड़ा था तब से ही पद रिक्त था संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर प्रदेश अध्य्क्ष अजय भट्ट ने कहा कि नए संगठन महामंत्री की नियुक्ति से प्रदेश में भाजपा संगठन को मजबूती मिलेगी उन्होंने कहा कि नव नियुक्त संगठन महामंत्री के अनुभवों का राज्य में पार्टी को लाभ मिलेगा सिंगल यूज प्लास्टिक बागेश्वर बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजग्रू ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबन्धित करने के निर्देश जारी किये हैं उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले बोतल के पानी को प्रतिबंधित किया गया है जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि वे अपने कार्यालयों में भी इसका कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें

शासन के उच्चाधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्यो की जनपदवार समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत और इससे हुए नुकसान की भरपाई के लिये धन की कमी नहीं होने दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने आपदा से बेहतर बचाव के लिये महिला और युवक मंगल दलों को प्रशिक्षित करने और गांवों में आपदा मित्रों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये

पोषण मिशन बागेश्वर में राष्ट्रीय पोषण मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में समाज को कृपोषण से मुक्त करने में सहभागिता विषय पर चर्चा की गयी साथ ही महिलाओं को पोषण अभियान के बारे में जानकारी दी गयी क्पोषण मुक्त भारत बनाने में सबको मिलकर अपनी सक्रिय भागीदारी करनी होगी कार्यशाला में बताया गया कि आज समाज में बेटियां हर क्षेत्र में अव्वल है और बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कार्यशाला में विभिन्न सेक्टरों के सुपरवाईजर ए एन एम आंगनबाड़ी कार्यकत्री और आशाओं को पोषण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जन जन तक पहुंचाने को कहा गया इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने पोषण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से संबधित योजनाओं की जानकारी दी फ्री दिव्यांग शिविर दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देहरादून में निशल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है शनिवार से शुरू हुए तीन दिनी शिविर में को ईको फ्रेंडली बनाया गया है इसमें हाथ पांव कैलिपर आदि लगाए जा रहे हैं साथ ही दिव्यांगजनों के लिए खाने और रहने की सुविधा भी की गई है शिविर में समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा पेंशन की समस्या का समाधान किया जा रहा है और आयुष्मान योजना की जानकारी दी जा रही है इस शिविर में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा भी सरकार की योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को कान की मशीन छड़िया वॉकिंग स्टिक बैसाखी टाई साइकिल और व्हील चेयर का वितरण किया जा रहा है

पोलियो अभियान पोलियो से मुक्ति के लिए कोटद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है